श्री चौहान ने कहा कि हमें बीमारू राज्य मिला था लेकिन हम जनता का विश्वास दूटने नहीं देंगे उन्होंने कहा कि सतना स्मार्ट सिटी के रूप में आधुनिक शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा सतना को व्यासायिक सिटी भी बनाया जाएगा साथ ही सतना जिले को झुग्गी से मुक्त कर छोटे और पक्के मकान दिए जाएंगे राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल खंडवा जिले के छहगॉव माखन में प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र का दौरा किया और बच्चों से बातचीत कर उन्हें फल वितरित किये राज्यपाल ने अपने प्रवास के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीणजन जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाम ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं

जहां केन्द्र और राज्य सरकार कुपोषण से निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं इस दौरान श्रीमती पटेल ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को रसोई गैस चूल्हे वितरित किये इसके अलावा स्वसहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा की राज्यपाल आज और कल बड़वानी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हों गी फेसबुक फेसबुक ने कहा है कि वह ऐसे सभी पोस्टह हटा देगा जिनसे हिंसा बढ़ने की आशंका हो कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि आने वाले महीनों में नई नीति लागू की जायेगी और हिंसा भड़काने के इरादे से बनाये गये फर्जी फोटो तथा गलत और भ्रामक सामग्री हटा दी जायेगी फेसबुक ने अपने मंच को खतरनाक जानकारी फैलाने का साधन बनने से रोकने के लिए ये अभियान चलाया है उसने यह भी कहा कि स्थाफनीय संगठनों और अधिकारियों से सहयोग करके झूठी और हिंसा भड़काने वाली पोस्टो का पता लगाया जायेगा शव बरामद भोपाल में दो दिन पहले तेज बारिश के दौरान एक नाले में बहे चार साल के मासूम बच्चे का आज शव बरामद हो गया गोताखोरों ने दुर्घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा शव बरामद किया बच्चे का शव परिजन को सौंप दिया गया है मंगलवार की सुबह तेज बारिश के दौरान स्थानीय पंचशील नगर निवासी रोहित जरीला का चार वर्षिय बेटा बस्ती के नाले में बह गया था पुलिस और नगरनिगम के गोताखोर तभी से उसकी तलाश में जुटे हुए थे उसका शव आज उसकी बस्ती से दूर स्थानीय एकांत पार्क के पास झाड़ियों में फंसा हुआ मिला इसी बीच अपने बच्चे के लापता होने से बेहद दुःखी उसके पिता ने कल शाम निर्धारित डोज से कहीं ज्यादा दवाइयां खा लीं जिससे उसकी हालत बिगड़ गई चिकित्सक बच्चे के पिता की हालत पर नजर रखे हुए हैं

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले छिंदवाड़ा उमरिया इंदौर झाबुआ बड़वानी खण्डवा बुरहानपुर उज्जैन मंदसौर नीमच रतलाम शाजापुर आगर मालवा सीहोर रायसेन राजगढ़ हरदा भोपाल दमोह और देवास हैं कम वर्षा वाले जिले कटनी डिण्डोरी पन्ना शिवपुरी टीकमगढ़ छतरपुर रीवा सतना सिंगरौली अलीराजपुर भिण्ड ग्वालियर और दतिया है हमारे सागर संवाददाता ने बताया है कि जिले के खुरई और बंडा विधानसभा क्षेत्रों में भारी बारिश से फंसे एक दर्जन ग्रामीणों को आज रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है वहीं बैतूल जिले में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से निकलने वाली राख को एकत्र करने के लिए बनाए गए बांध की सुरक्षा दीवार दो दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण दूट गई दीवार के एक हिस्से से पानी का तेज बहाव शुरू हो जाने की जानकारी मिलने के बाद दीवार के एक हिस्से को तोड़कर बांध में लगातार बढ़ रहे पानी को सुरक्षित तरीके से बहाकर बांध को फूटने से बचा लिया गया है वहीं मुरैना में तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों जल भराव की स्थिति बन गई है

कल ग्वालटोली स्थित इस स्कूल में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया

इसके अंतर्गत सदस्यता अभियान और पुराने सदस्यों का नवीनीकरण तीस जुलाई तक किया जायेगा